भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल गरियाबंद में चुनावी सभा लेने के साथ ही राजनांदगांव में आयोजित रोड शो में होंगे शामिल कल शाम थम जाएगा प्रथम चरण का चुनाव प्रचार नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से बेरोजगारी गरीबी और भूखमरी मिटाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है आज जगदलपुर में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए रात दिन काम कर रही है

आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बस्तर में फिर कभी गरीबी फिर कभी इस तरफ मुंह भी न कर पाएं ऐसा बस्तर को मजबूत बनाना है समुद्ध बनाना है यहां से बेरोजगारी यहां से गरीबी यहां से भुखमरी इन सबको मिटाने के लिए र्जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसी सिलसिले में बार बार मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में रहने वाले कुछ लोग माओवादी गतिविधियों का विस्तार करते हुए आदिवासी बच्चों की जिंदगी तबाह करने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा बस्तर में बदलाव लाने और नया बस्तर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है अपना पराया नहीं मेरा तेरा नहीं मेरी जाति तेरी जाति भेदभाव नहीं शहर और गांव में भेदभाव नहीं दलित पीड़ित शोषित वंचित आदिवासी में भेदभाव नहीं पुरूष और स्त्री में भेदभाव नहीं युवा और बुजुर्ग में भेदभाव नहीं इन भेदभाव की दीवारों को खत्म करके एक ही मंत्र ले करके हम चले हैं सबका साथ सबका विकास

उन्होंने आज कांकेर जिले के पखांजूर के साथ ही राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ और डोंगरगढ़ में चुनाव सभाओं को संबोधित किया

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के संसाधनों का फायदा सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को ही लेने दिया है राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा दो साल पहले की गई नोटबंदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की एनडीए सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का तीन लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया राहुल गांधी आज राजनादंगांव में आयोजित रोड शो में भी शामिल हए श्री गांधी कल दस नवंबर को चारामा और कोंडागांव में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे इसके अलावा कल शाम वे जगदलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे इस बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारक और अभिनेता राज बब्बर ने आज कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रदेश के कई स्थानों में सभाएं लीं वे महासमुंद भिलाई के मोपका और तखतपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए अमित शाह छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल दस नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं वे सुबह ग्यारह बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहंचेंगे और वहां से सीधे गरियाबंद जाएंगे श्री शाह गरियाबंद में आयोजित आमसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे राजनांदगांव में आयोजित रोड शो में भी शामिल होंगे वे शाम साढ़े चार बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे अतिरिक्त बुलेटिन छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्रोताओं को चुनाव से संबंधित ताजा और अधिक से अधिक सूचनाए देने के लिए आकाशवाणी द्वारा अतिरिक्त समाचार बुलेटिन शुरू करने का निर्णय लिया गया है चुनाव संबंधी ये विशेष बुलेटिन कल से शुरू होकर इक्कीस नवंबर तक प्रसारित किए जाएंगे इसके तहत सुबह साढ़े आठ बजे दस मिनट का हिन्दी बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा जिसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे वहीं आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा दो अतिरिक्त एफएम हेडलाइन भी शुरू की जा रही है इसमें से एक का प्रसारण प्रातः नौ बजकर अंठावन मिनट पर होगा वहीं दूसरी एफएम हेडलाइन प्रातः ग्यारह बजकर पांच मिनट पर प्रसारित की जाएगी इसके अलावा आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा शाम को नियमित रूप से प्रसारित किए जाने वाले प्रादेशिक हिन्दी और छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण यथावत जारी रहेगा जवान घायल माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाईक होल की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल के जवान आज अरनपुर थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे इसी दौरान कोंदापारा में एक जवान स्पाईक होल की चपेट में आ गया घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती करायागया है वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान परचेली के जंगल में इस माओवादी को घेराबेदी कर पकड़ा गया गिरफ्तार माओवादी परचेली पंचायत कमेटी का अध्यक्ष था और उस पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था

विस चुनाव वोटिंग मशीन विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान रायपुर जिले की छह विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने के कारण यहां के मतदान केंद्रों में अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजू एस ने बताया कि रायपुर पश्चिम और रायपुर दक्षिण में तीन तीन बैलेट यूनिट लगाई जाएगी वहीं धरसींवा रायपुर ग्रामीण रायपुर उत्तर और आरंग विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में दो दो बैलेट यूनिट लगाए जाएंगे वहीं अभनपुर में बारह प्रत्याशी होने के कारण यहां पर एक ही बैलेट यूनिट लगेगी उन्होंने बताया कि रायपुर जिले की सात विधानसभा सीटों में चुनाव के लिए कुल चार हजार एक सो चौंसठ बैलेट यूनिट की जरुरत है संगवारी मतदान केंद्र चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं छत्तीसगढ़ी बोली में संगवारी का मतलब मित्र होता है इन मतदान केंद्रो में मतदान अधिकारियों निरीक्षकों और सुरक्षाकर्मियों सहित केवल महिलाओं को तैनात किया जाएगा राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुब्रत साहू ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए पांच पांच संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं संगवारी मतदान केंद्र वह है जहां केवल महिला कर्मचारियों की तैनाती होगी और ये महिलाओं के लिए उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है साथ में इसमें अधिकांश महिला वोटर्स होने के कारण भी उनको सहूलियत होगी छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या लगभग एक करोड़ पचासी लाख है इनमें से बयानवे लाख से अधिक महिला मतदाता हैं राज्य में नब्बे निर्वाचन क्षेत्र है और विधानसभा चुनाव दो चरणों में बारह और बीस नवंबर को होंगे भाईदूज दीपावली के पांचवे दिन आज देश सहित प्रदेशभर में भाईदूज का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है भाईदूज के मौके पर बहनों ने भाईयों को टीका लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की भाईयों ने भी बहनों को उपहार दिया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करने वाले इस पर्व को लेकर एक किवदन्ति यह भी है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी को लंबे इंतजार के बाद इस दिन दर्शन दिया था तभी से यह प्रथा चली आ रही है

जांजगीर चांपा के सदर बाजार इलाके में बीती रात दो दुकानों में आग लग गई

बीजाप्र जिले के तिमेड़ गांव से वन विभाग की टीम ने छब्बीस नग सागौन लकड़ी जब्त की है जिसकी कीमत चार लाख रूपये बताई जा रही है